राज्यभर में पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ पचहत्तर नये कोरोना पॉजिटव मरीज मिले है इसी के साथ कुल संकमितों की संख्या पांच हजार तीन सौ पचासी पहुंच गयी है

राज्य में संकमितों के स्वस्थ्य होने को दर घटकर उनचास द ामलव तीन दो प्रति ांत हो गयी है वहीं मौत की दर भारन्य द ामलव आठ नौ प्रति ांत है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 दिशा निर्देशों के अनुसार ये केन्द्र वरिष्ठ लोगों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये केन्द्र आवासीय परिसरों के सामूदायिक कक्ष साझा उपयोग क्षेत्र या खाली फ्लैट में बनाए जा सकेंगे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

इस अध्ययन में यह देखा जाएगा कि क्या बीसीजी का टीका कोरोना वायरस के संक्रमण और इसके बड़ी आय वर्ग के लोगो में फैलाव को रोक सकता है अध्ययन में उसी बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किया गया है जिसे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नवजात शिशुओं को लगाया जाता है

एम्स को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोवैक्सिन के पहले और द्सरे चरण के मानव परीक्षण के लिये चुना है

एम्स के सामुदायिक औषधि केन्द्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय ने बताया कि उनका संस्थान सोमवार र्स स्वस्थ लोगों का पंजीकरण शुरू करेगा स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग के लिए कार्य करने वाले फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना वायरस को ध्यान में रख कर पेप्टाइड आधारित संमावित टीके का संश्लेषण किया है संस्थान का कहना है कि यह टीका संक्रमण की अधिकता वाले स्थानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे टीका लगाने वालों में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जिससे वायरस के हमले को रोका जा सकता है यह भी बताया गया है कि इस टीके से शरीर में वायरस का अंत करने वाली एंटीबॉडी पैदा की जा सकती हैं जिससे फेफड़े से संबंधित विकार में कमी आती है

यह भारत में इस संक्रमण के फैलने से लेकर अब तक एक दिन में नये मामलों की सबसे अधिक संख्याण है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

यह लाभ खादय सुरक्षा योजना के तहत सभी रा ान कार्डधारियों को देने का निर्णय लिया गया है खादय आपूर्ति एवं सार्वजनिक विभाग के प्रस्ताव को विभिन्न विभागों से सहमति मिलने के बाद वित्त विमाग ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है इसके अंतर्गत राज्य के लगभग संतावन लाख परिवार लाभन्वित होंगे

सुनवाई के लिए एक खंडपीठ और तीन एकल पीठ रहेगी

इसके लिए कंपनी की ओर से देश भर में एक सौ तीस स्थानों का चयन किया गया है झारखंड में इसके तहत कंपनी छह ईको पार्क बनाएगा जिसके लिए कथारा बी एंड के पिपरवार ढोरी रजरप्पा और बरका सयाल क्षेत्र में की भूमि चिन्हित की गयी है हरेक पार्क का निर्माण बीस हेक्टेयर भूमि पर होगा इसमें विभिन्न जैव विविधता मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी अन्य गतविधियों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से विस्तारित भी किया जाएगा आयकर विमाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन ई अभियान की तैयारी पूरी कर ली है

बोर्ड के अनुसार ई अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विमाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन सूचना को मान्यता देना है

ई अभियान के अंतर्गत आयकर विभाग चुने हुए करदाताओं को ई मेल और एसएमएस मेजकर उनसे ऐसी वित्तीय लेन देन संबंधी सूचना को पुष्टि कराने के लिए कहेगा जिसका विवरण आयकर विभाग के पास है

इसके तहत जिले के खूंटपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है जिले में चक्रघरपूर स्थित रेलवे अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया है और प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है

इस दौरान कई क्षेत्रों में वजपात होने की भी चेतावनी जारी की गयी है मॉनसून के सकिय होने से धान की बुआई में और तेजी आयेगी

हालांकि अगले अड़तालीस घंटे तक आसमान में बादल छाये रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारि होने की भी उम्मीद है और संक्षिप्त खबरें राजधानी रांची के विकास के लिए बनायी गई योजना को धरातल पर उतारने के तैयारी रांची नगर निगम ने तेज कर दी है

इंडियन मेडिकल एसोसिए ान का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कोरोना संकमितों की संख्या बढ़ने और निजी अस्पतालों में हो रही परे ाानियों की जानकारी दी भारी उद्योग मंत्री प्रका जावेड़कर ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल के बाद एचइसी की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है राजधानी रांची में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संकमण को देखते हुए जिला प्र ाासन की ओर से चार नये भवनों को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया गया है